प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और इससे संबंधित विषयों पर सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के नेताओं को किया संबोधित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

प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनियां की नजर है कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सहमति लेकर ही आगे कदम उठायेगी

कोविड महामारी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हई इसमें कोविड महामारी का टीका विकसित करने और महामारी के बाद के दौर की विभिन्नि चुनौतियों पर चर्चा हुई इस वर्चुअल बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में मौजूद थे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन डीएमके नेता टीआर बालू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेता वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया यह बैठक प्रधानमंत्री के कोविड टीका बनाने वाली तीन कंपनियों के हाल के दौरे के बाद हुई भारत महामारी के टीके के विकास और उत्पादन दोनों ही में आत्मभनिर्भरता हासिल करने का प्रयास कर रहा है

अबतक मिले एक लाख नौ हजार सात सौ इकहतर मरीजों में से एक लाख छह हजार आठ सौ अड़सठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं

इसी के साथ राज्यभर में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार सात सौ इकहतर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ आठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई राज्यभर में अब कोरोना के एक हजार नौ सौ छब्बीस मामले ही सक्रिय हैं वहीं दूसरी ओर कल कोरोना से छह मरीजों की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर नौ सौ सतहतर पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से पचासी मरीजों की पुष्टि हुई है

इससे संक्रमण से होने वाली मौतों में भी कमी आई है जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण र्क नये मामलों में भी कमी आई है और ये अब घटकर चार प्रतिशत से नीचे रह गए हैं देश में इस समय प्रति दस लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के पांच गुणा परीक्षण किए जा रहे हैं केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने परीक्षण की दर चरणबद्व तरीके से बढाते हुए इसके लिए सुविधाए बढाई हैं

इस मौके पर उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने का निर्देष दिया उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में काम करनेवाले जिन स्वास्थ कर्मियों का डाटा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है उसे तीन दिनों के अंदर तैयार करने का निर्देष दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी अस्पतालों को आध्निक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं

श्री सोरेन कल राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कार्य को धरातल पर उतारने के लिए अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधनों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया जिससे डॉक्टरों नर्सों पारा मेडिकल स्टाफ समेत अन्य कर्मियों की कमी पूरी किया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि नये स्वास्थ्य भवन बनाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है

पर्यटन कला संस्कृति और खेलकूद विभाग की समीक्षा के दौरान कल उन्होंने झारखंड के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आनेवाले र्सेलानियों की पूरी जानकारी रखने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया इससे पहले विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी

इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नेतरहाट समेत चुनिंदा पर्यटक स्थलों पर इको टूरिज्म फेस्टिवल्स का आयोजन होगा समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने खेल नीति की चर्चा की साथ ही खिलाडियों के लिए कई घोषणाएं भी कीं

मुख्यमंत्री ने खिलाडियों का डेटाबेस तैयार कर अंतरराष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ सुविधाए उपलब्ध कराने तथा देशज और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया भारतीय रिवर्ज बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों को चार प्रतिशत के स्तर पर बरकरार रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को सवा चार प्रतिशत और रिवर्स रेपोरेट को सवा तीन प्रतिशत के स्तर पर पहले की तरह रखा गया है श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति की दर के उच्चस्तर पर बने रहने की संभावना है हालांकि खरीफ की भरपूर फसल की संभावना को देखते हुए जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में सर्दी के मौसम के दौरान कमी आ सकती है रिजर्व बैंक के गर्वनर ने कहा कि अर्थव्यमवस्था में मौटे तौर पर सुधार के संकेत हैं लेकिन इसके लिए लगातार नीतिगत सहायता देना जरूरी होगा

लोहरदगा जिले के मजदूरों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है

रांची से खुलनेवाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है नये समय के अनुसार अब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ग्रुवार और रविवार की शाम पांच बजकर पंद्रह मिनट पर रवाना होगी पहले यह ट्रेन ग्रुवार और रविवार की शाम पांच बजकर चालीस मिनट पर रवाना होती थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी बहादुर नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत की नौसेना देश की तट रेखा की निर्भीकता से रक्षा करने के साथ ही आवश्यकता के समय मानवीय आधार पर सहायता भी देती है गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाए दी हैं श्री शाह ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा का अट्ट संकल्प निभाने और आपदाओं के समय राष्ट्र की सेवा करने करने वाले अपने बहादुर नौसैनिकों पर भारत को गर्व है श्री जावड़ेकर ने भी नौसैनिकों को उनके अदम्य साहस के लिए शुभकामनाएं दी हैं सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को कल से आवेदन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा मिलेगी इसे लेकर कल से नौ दिसंबर तक वेबसाइट का करेक्शन विंडो दोबारा खोला जायेगा

प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए छठी और नवीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए किया जायेगा राजधानी रांची में कल लोन मेला लगाकर गरीबों और फुटपाथ दुकानदारों को ऋण देने की तैयारी रांची नगर निगम की ओर से की गई है इसे लेकर मेयर आशा लकड़ा ने कल निगम कार्यालय में एक बैठक की इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनयूएलएम के तहत निगम क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा की

संक्षिप्त खबरें रांची जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित पान मशाला और ग्र्टखा की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन की टीम ने कल रांची के डोरंडा इलाके में दुकानों से गुटखा रखने के आरोप में जुर्माना वसूला गया रांची रिथत डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के सभी विषयों में चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया चल रही है

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए विद्यार्थी कल से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं